उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस मामले में फैसला रखा सुरक्षित प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ से सर्द हवाओं की रफ्तार हुई धीमी अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ब्रिटेन और जर्मनी सहित दुनिया के कई देशों ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सख्त की हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुंबई में भी कोरोना के मामले पिछले दिनों बढ़े हैं जो कोरोना की तीसरी लहर का संकेत हो सकता है श्री गहलोत ने सभी से लापरवाही नहीं बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का आहवान किया है वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है उन्होंने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है उनकी जीनोम सीक्वेसिंग की जा रही है दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले विमान यात्रियों के मामले में भी इसी तरह की नीति अपनाई जा सकती है

इन सभी को उनके सम्पर्क में आए लोगों सहित क्वारंटीन कर दिया गया है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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है इसमें आज चित्तौड़गढ़ से हमारे श्रोताओं नारायण गूर्जर और भगवती लाल मेघवाल बाड़मेर से कमाल खान ने अपने संदेश के जरिये लोगों से ॅअपील की है कि मास्क जरूर पहनें दो गज की दूरी बनाए रखे और हाथों को बार बार धोये

प्रदेश में कई महीनों बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में और गिरावट आई है

स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की तुलना में लगभग तिगुनी रही

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

जिले में आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है करीब पांच घंटे तक चली सुनवाई में राज्य सरकार निजी स्कूल और अभिभावकों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं

ऐसे में केवल आपदा प्रबंधन के तहत राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस को तय नहीं कर सकती इसके अलावा अदालत को स्कूल प्रबंधन और बच्चों के आधारभूत अधिकारों के बीच में समन्वय बिठाना चाहिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी और सीनियर एडवोकेट ने बहस करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोनाकाल की परिस्थतियों और आपदा प्रबंधन कानून के तहत हाईकोर्ट के आदेश के पालन में निजी स्कूलों की फीस तय की थी वहीं राज्य सरकार को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है

श्री गहलोत ने कल चादर रवाना करते हुए अजमेर आने वाले सभी जायरीन और प्रदेशवासियों को उर्स की मुबारकबाद दी

इस दौरान सेना भर्ती के प्रोटोकॉल और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अभ्यर्थियों की दौड और शारीरिक दक्षता परीक्षण किया गया तथा दस्तावेज की जांच की गई कल बांसवाड़ा ड्रंगरपुर और जालौर जिलों सहित नागौर जिलें की मकराना तहसील के अभ्यर्थियों ने सैनिक सामान्य पद के लिए दौड लगाई

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाकमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ से सर्द हवाओं की रफ्तार धीमी हो गई है